मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह से नियंत्रण में नक्सल प्रमावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा तेजी से किये जा रहे है विकास कार्य भारत में एच आई वी संक्रमण मामले में करीब अस्सी प्रतिशत की कमी की गयी दर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए किसी भी गुंजाइश को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि दोनों देश सभी आपसी मुद्रों पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बियारेत्ज में जी सेवन शिखर सम्मेलन से इतर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे प्र्यानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसी देश अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते है और उनका समाधान निकाल सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ पिछले दिनों हुई टेलीफोन पर बातचीत का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के समक्ष गरीबी और कई अन्य मूहे हैं जिन पर दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलिफोन किया था तब मैंने उनसे कहा कि हम दोनों देश मिलकर गरीबी के खिलाफ लड़े हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़े हम दोनों मिलकरके दोनों देश की अवाम की भलाई के लिए काम करें ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच भी आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं भारत का और अमरीका का आर्थिक क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में लगातार बातचीत हो रही है और कई विषयों में हम अमरीका के सुझावों का स्वागत करते है और मिलजुल करके ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं अमरीकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मुदा द्विपक्षीय है और दोनों देशों को इसे आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देश ऐसा कर सकते हैं बातचीत के बारे में विदेश सचिव विजय गोखते ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डॉनाल्ड ट्रंप के बीच कश्मीर पर कोई बात नहीं हुई उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी कश्मीर पर बात नहीं हुई उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासविव अंतोनिर्यो गुतेरेस के साथ हुई बातचीत मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित रही श्री गुतेरेस ने कहा कि वे जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व के बारे में काफी उत्साहित है स्वयं प्रधानमंत्री ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर रोक की पहल के बारे में बताया उन्होने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की अपनी नई पहल के बारे में बताया हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अगले महीने होने वाली न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान इस पहल का सुभारंभ होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत भविष्य के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने जल संरक्षण सौर ऊर्जा संरक्षण और वनस्पतियों के संरक्षण के क्षेत्र में भारत के व्रगातार प्रयासों की जानकारी दी वे फ्रांस के वियारेत्ज में जी सेवन शिखर सम्मेलन में पर्यावरण पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता खीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जैव विविधता जलवायू परिवर्तन और समुद्र में फैले कचरे जैसी वैश्विक चुनौतियों पर बल दिया

संयुक्त राष्ट्र महासविव एंटोनियो गुतरेस के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुझाव दिया कि कैसे दुनिया भर के देश एक साथ आकर प्रशिक्षित स्वयंत्रेकों का एक पूल तैयार कर सकते हैं जोकि किसी आपदा से प्रभावित देश की मदद कर सकता है उन्होंने कहा कि भारत सच्छ ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ा रहा है और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रूप में उनका दावा इस नाते और मजबूत हो जाता है प्रधानमंत्री ने सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ मी दिपक्षीय बातचीत की और अंतराष्ट्रीय सौर ऊर्जा समूह को लेकर चर्चा की सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार बियारेत्ज फ्रांस केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड ने अधीक्षक या प्रशासनिक अधिकारी स्तर के बाईस वरिष्ठ अफसरों को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के कारण जबरन रिटायर कर दिया है सुत्रों के अनुसार यह फैसला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण में की गई घोषणा के आधार पर लिया गया है प्रधानमंत्री ने लालकिर्ल की प्राचीर से कहा था कि हो सकता है कर प्रशासन में क्छ भ्रष्ट लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग कर ईमानदार करदाताओं को मामूली चूक पर जरूरत से ज्यादा परेशान किया हो श्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने अमी हाल में कर विमाग के अनेक अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है और यह भी कहा था कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इससे पहले इस वर्ष जून में मौलिक नियम छप्पन जे के तहत भारतीय राजस्व सेवा के सत्ताईस उच्च अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया था जिनमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बारह अधिकारी भी थे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विचार में कोई स्थान नहीं है कल नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र को हिंसा द्वारा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे भारत उनके खिलाफ लगातार संघर्ष जारी रखेगा गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के विचार के खिलाफ है और सरकार इसे जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है वामपंथी उग्रवाद और हिंसा के खिलाफ सुख्का बलों की सफलता की चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो में इस तरह के उग्रवाद से प्रमावित जिलों की संख्या में कमी आई है और वहां हिंसा की घटनाएं भी कम हुई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में नक्सली गतिविधियां पूरी तरह से नियंत्रण में है और नक्सल प्रमावित क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जा रहे हैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित कल नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विचार व्यक्त किए मुख्यमंत्री ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से सटे मिर्जापुर सोनमद्र और चन्दौली जैसे नक्सल प्रमावित जिलों में पीएसी सीआरपीएफ और जिला पुलिस द्वारा कॉम्बिंग सर्चिंग और पेट्रोलिंग की कार्यवाही मुस्तैदी के साथ की जा रही है आवश्यकता पड़ने पर एटीएस और आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है जिससे नक्सलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण बना हुआ है श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल प्रमावित क्षेत्रों में नक्सलियों के लिये घन की उगाही के स्रोत बिन्दुओं पर कड़ी नजर रखे हुए है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है मुख्यमंत्री ने बताया कि इन क्षेत्रों में विकास कार्यो को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है सोनवद्र की घोरावल तहसील में आईटीआई के मुख्य भवन का कार्य पूरा किया जा चुका है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहीं जिले के पीपरखाड़ में चार सौ अस्सी छात्रों की क्षमता वाला एकलय्य मॉडल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है जिले में कौशल विकास के लिये भवन निर्माण का कार्य भी पूरा किया जा चुका है र्ष स सरकार ने कहा है कि वर्ष उन्नीस सौ पन्चानवे में एचआईवी संक्रमण के मामले अत्यधिक थे और अब देश में इन मामलों में करीब अस्सी प्रतिशत कमी आई है वैश्विक स्तर पर एड्स के सैंतालिस प्रतिशत मामले कम हए है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षकर्घन ने नई दिल्ली में बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने एचआईवी एड्स से निपटने के उपायों के लिए अट्ठारह मंत्रालयों और विमागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताश्वर किए है आने वाले समय में हम चाहते है कि एड्स आंदोलन में जूड़े हुए लोग है वो सब आपस में चिंतन करें और नये आइडियाज के साथ कैसे इसको नई ऊर्जा के साथ और एक व्यापक रूप दे सकते हैं

बहजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी के नेतृत्व में विफ्की नेताओं के स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना कश्मीर दौरे पर प्रश्न उठाया है एक टवीट में सुश्री मायावती ने कहा कि अनुछेद तीन सौ सत्तर हटाए जाने से जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होने में कूछ समय लगेगा बसपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को घाटी में स्थिति सामान्य होने का इंतजार करना चाहिए उन्होंने कहा कि अदालत ने भी स्थिति सामान्य होने के लिए इंतजार करने को कहा है सुश्री मायावती की यह टिपणी उस समय आई है जब शनिवार को राहुल गांवी और अन्य विपक्षी नेताओं को श्रीनगर हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वापस भेज दिया था